स्वच्छ भारत मिशन उच्च शिक्षा और कौशल विकास सहित कई महतवपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलन के दौरान चर्चा की जायेगी सम्मेलन के दूसरे सत्र में केन्द्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा होगी इस सत्र के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रस्तुति देंगे

इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि शीर्ष बैंक के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं हैं

दो दिन तक लगने वाले इन शिविरों में पात्र किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे विभाग के रजिस्ट्रार राजन विशाल ने बताया कि शिविरों में पात्र किसानों को प्रमाण पत्र देने के साथ ही नये ऋण के लिये आवेदन भी लिये जायेंगे

एक समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओ को सम्मानित करेंगे केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने बताया कि इनमें वे कार्यकर्ता शामिल है जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को संगठन में लगाकर पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर पार्टी को शिखर पर पहुचाया है

रैली में राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सेना और पुलिस के जवान एनसीसी के कैडिटस स्काउट और गाईड्स के छात्र छात्राएं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के छात्र एनजीओ और जयपुर शहर के आमजन भाग लेंगे गौरतलब है कि इस साल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गयी है इससे पहले कल राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढाने के लिये बाड़मेर और प्रतापगढ़ में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया

उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि उद्योग रत्न पुरस्कारों में सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्योगों की प्रत्येक श्रेणी में चार चार पुरस्कार दिए जाएंगे इसके साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पियों और बुनकर वर्ग में से एक एक पुरस्कार दिया जाएगा पुरस्कार स्वरूप एक एक लाख रुपए नकद प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाएगा